मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था

श्री गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश ने हमारे सैनिकों के साहस दढ संकल्प और बलिदान के कारण एक महान विजय प्राप्त की थी विजय दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं जैसलमेर में तनोट मार्ग पर स्थित विजय स्तंभ पर भी आज दीपमाला सजाई जाएगी बीकानेर में इस सिलसिले में बीएसएफ द्वारा विभिन्न आयोजन किये जा रहे है

इस दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया विजय दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आज रात नौ बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा

श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किये गये हैं वे बिलक्ल उसी तरह के हैं जैसे सुधारों के लिए किसान संगठन और विपक्षी दल वर्षो से मांग करते रहे हैं इधर प्रदेश में केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने आज कोटा में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी

उन्होनें कहा कि अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है

प्रधान न्यायाधीश एसएबोबडे और न्यायमूर्ति एएसबोपन्ना तथा वी रामासुब्रामणयन की पीठ ने कहा है कि इस समिति में भारतीय किसान युनियन भारत सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे न्यायालय ने हाल में बनाये गये कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई की है शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केन्द्र और हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली तथा पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है

कल तीन बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार ने दो साल में सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है आज सीकर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री डोटासरा ने कहा कि शुरूआती दिनों में सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार की बिगड़ी योजनाओं को ठीक किया उसके बाद कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार काफी हद तक कामयाब रही

दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार दो साल में हर मोर्चे पर विफल रही है श्री पुनिया ने एक बयान में कहा कि दो साल में मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी सरकार बचाने के प्रबंधन में लगे रहे और उनकी अंतर्कलह और झगडे का नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पडा

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है इसी के तहत आकाशवाणी जयपूर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है